इसमें अनुसंधान और अनुप्रयोग पर विशेष जोर दिया गया है प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं

पीएमसीएच सहित अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं हुई बाधित बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुये श्री मोदी ने कहा कि इस नीति का फोकस विशेष तौर पर अनुसंधान और अनुप्रयोग पर है बाईट आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म किए जा रहे है ताकि किताबी ज्ञान से आगे निकलकर स्पिरिट ऑफ इंक्वारी को बढ़ावा मिले तीन दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर का फोकस भी बदल गया है पहले आउटलेज पर फोकस था अब आउटकम्स पर है पहले टेस्टबुक की पढ़ाई पर फोकस था अब रिसर्च और ऐप्लीकेशन पर है नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा माहौल देश में बनाने पर फोकस कर रही है जिससे टॉप क्वालिटी टीचर्स का एक पूल देश में तैयार हो सके ये ऐप्रोच हमारे नये और उभरते साइंसटिस्ट को भी मदद करेगी एन्करेज करेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया से तकनीक गांव गांव और गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली है बाईट डिजिटल टेक्नोलॉजी से सामान्य भारतीयों को ताकत भी दी है और सरकारी सहायता की सीधी तेज डिलीवरी का भरोसा भी दिया है आज गांव में इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों से ज्यादा हैं

आज भारत की एक बड़ी आबादी स्मार्ट फोन आधारित ऐप से जुड़ चुकी है आज भारत ग्लोबल हाइटेक पॉवर के इवोल्युशन और रिवोल्यूशन दोनों का सेंटर बन रहा है भारत अब विश्वस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य कनेक्टिविटी गरीब से गरीब तक गांव गांव तक पहुंचाने के लिए हाइटेक सोल्यूशन बनाने और बनाने के लिए तत्पर है श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान में सहायता के लिए पी एम वाणी योजना शुरू की गई है बाईट हाल में डिजिटल इंडिया अमियान का और विस्तार करने के लिए पीएम वाणी स्कीम भी शुरू की गई है इससे पूरे देश में पब्लिक स्पेस में सबसे लिए क्वालिटी वाईफाई कनेक्टिविटी संभव हो जाएगी इसका सीधा लाभ साइंस को भी होगा क्योंकि देश के गांवों का युवा भी दुनिया की बेस्ट साइंसटिफिक नॉलेज को आसानी से हासिल कर पाएगा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न परामर्शों के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में आयोजित नहीं की जाएंगी उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए अगली तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी आगामी प्रतियोगिता और बोर्ड परीक्षाओं के बारे में देशभर के अध्यापकों से वर्चअल माध्यम से संवाद करते हुए श्री पोखरियाल ने यह बात कही श्री निशंक ने कहा कि कक्षा दसवीं और बारहवीं के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई की परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए विभिन्न विद्यार्थियों और शिक्षकों से पर्याप्त मात्रा में अनुरोध प्राप्त हुए हैं उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि राज्य की चार ग्राम पंचायतों को नगर परिषद बनाया जायेगा इसके अलावा प्रदेश में एक सौ पचास नये नगर निकाय और लगभग नब्बे निकायों का उन्नयन किया जायेगा पटना में नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षात्मक बैठक में श्री प्रसाद ने कहा कि इसके अलावा चार नये नगर निगम भी बनेंगे साथ ही बिहटा को सीधे नगर परिषद बनाने की तैयारी है उन्होंने कहा कि अभी तक नये प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है इसको लेकर तैयारी की जा रही है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में घने कोहरे शीतलहर और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है पटना सहित राज्य के अधिकांश इलाकों में बर्फीली हवा चलने के कारण कनकनी बढ़ गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान चार दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव चार भागलपुर का नौ दशमलव आठ और पूर्णियां का ग्यारह दशमलव एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुये आपदा प्रबंधन विभाग की और से सभी प्रखंडों में अलाव की व्यवस्था की गयी है इधर कोहरे के कारण रेल सड़क और हवाई सेवा प्रभावित हुई है लॉकडाउन के दौरान सारण जिले के दरियापुर में एक दूध टैंकर के ड्राईवर को अवैध तरीके से गिरफ्तार करने के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार पुलिस पर पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाया है न्यायालय ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है प्रदेश के सभी जूनियर डॉक्टर मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं यूनाईटेड रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि वर्ष दो हजार सत्रह से स्टाईपेंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है जबकि नियम के अनुसार हर तीन साल पर इसमें बढ़ोतरी होना है हड़ताल से पीएमसीएच सहित राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं बाधित हुई है जूनियर डॉक्टरों की गैर मौजूदगी का असर ओपीडी और आपातकालीन सेवा पर पड़ रहा है हालांकि कोविड से संबंधित चिकित्सा सेवाएं जारी है प्रदेश में कोविड उन्नीस के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब केवल चार हजार सात सौ तीस रह गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में पांच सौ सतहत्तर मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर लगभग दो लाख बयालीस हजार हो गयी है वहीं ठीक होने की दर संतानवे दशमलव पांच चार प्रतिशत हो गयी है इधर पिछले चौबीस घंटे में चार सौ संतानवे नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख अड़तालीस हजार अट्ठाईस हो गयी है सबसे अधिक एक सौ पैंसठ नये मामले पटना से सामने आये हैं इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा एक हजार तीन सौ बासठ हो गया है जाने माने चिकित्सक मानस कमल सेन ने लोगों से कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है उन्होंने सर्दियों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है

जितने भी हमारे दिशा निर्देश हैं इस विषय में जैसे सामाजिक दूरी बरकरार रखना हाथ का धोना और मास्क का सही इस्तेमाल करना इसको हमें सदैव मन में रखते हुए तब आगे बढ़ना है जहां तक हो सके भीड़ से हमें दूरी बनाए रखना है घर में ही त्योहार मनाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं तो हम भी इसका सही तरीके से पालन करें राज्य में कोविड उन्नीस के टीकाकरण को लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है टीकाकरण को लेकर राज्य के सभी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के प्रभारी को टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दिया है इनमें आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे समिति के अपर सचिव मनोज कुमार ने बताया कि इस टास्क फोर्स का प्रखंड स्तर पर नेतृत्व प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के प्रभारी करेंगे राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार पल्स पोलियो टीकाकरण की तर्ज पर कोरोना के वैक्सीन का टीका लगाया जायेगा केन्द्र सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस का नया रूप अब तक भारत में नहीं देखा गया है देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है स्वास्थ्य मामलों संबंधी नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने बताया कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के रूप बदलने के कारण संक्रमण बढ़ गया है इससे रोग की गंभीरता और मृत्यु दर प्रभावित नहीं हुई है डॉक्टर पॉल ने कहा कि इस समय घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि विकसित की जा रही वैक्सीन की क्षमता पर वायरस के नए रूप का अभी तक कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है सिखों के दसवें गुरू गोविंद सिंह जी महाराज के जयंती के अवसर पर रेलवे ने पैंतीस जोड़ी ट्रेन को पटना साहिब स्टेशन पर ठहराव का निर्देश दिया है दानापुर रेल मंडल के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सभी ट्रेनें दो मिनट तक रूकेगी गौरतलब है कि गुरू गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म दिवस इस बार दो जनवरी को मनाया जा रहा है इधर पूर्व मध्य रेलवे ने पटना एर्नाकुलम और भागलपुर यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन को नौ जनवरी तक रद्द कर दिया गया है मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रख रखाव कार्यों के कारण अठाईस दिसम्बर से इन ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा उन्होंने बताया कि कामख्या आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन का परिचालन अब सप्ताह के चार दिन ही होगा पहले इस ट्रेन का परिचालन सप्ताह के सातों दिन होता था बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने वर्ष दो हजार इक्कीस में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कैलेंडर जारी किया है आयोग ने सड़सठवीं प्रारंभिक परीक्षा की सम्भावित तिथि अक्टूबर दो हजार इक्कीस में निर्धारित की है इधर सहायक वन संरक्षक शारीरिक जांच परीक्षा पंचायत ऑडिटर और परियोजना प्रबंधक परीक्षा अगले वर्ष अप्रैल महीने में सम्भावित है सुपौल जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में संड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गयी तथा एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग तीन सौ तैंतीस ए पर वाहन जांच के दौरान एक पिकअप वैन से पुलिस ने चालीस कार्टन शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के धेनुकी बाजार के पास अपराधियों ने एक गैर बैंकिंग कम्पनी के कर्मचारी से एक लाख सात हजार रुपये लूट लिये नालंदा जिले के नगर थाना क्षेत्र के बारदरी मोड़ के पास एटीएम चैंबर को तोड़कर रूपये निकालने के आरोप में पुलिए ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है कैमूर जिले के भभुआ और अधौरा के पहाड़ी क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान जंगली जानवरों के खाल और जानवरों की तस्करी के मामले में पुलिस ने एक शिक्षक सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है भागलपुर में सम्पन्न राज्य इंटर जोनल ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब मगध जोन ने जीत लिया है फाईनल मुकाबले में मगध जोन ने चम्पारण को अड़तालीस रन से पराजित दिया मगध जोन के मोहित कुमार को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया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 हिन्दुस्तान ने कोरोना वैक्सीन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है टीका के लिए प्रखंडों में टास्क फोर्स जनवरी के अंतिम सप्ताह में टीका मिलने की उम्मीद दैनिक जागरण ने राज्य मंत्रिमंडल की खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुये मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है मेगा स्किल सेंटर में प्रशिक्षण शीघ्र नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट फॉर वीमेन की होगी स्थापना दैनिक भास्कर की सुर्खी है बिजली की दर में दस फीसदी बढ़ोतरी करने का बिजली कम्पनी का प्रस्ताव सप्ताह के अंत में आयोग को प्रस्ताव सौंपेगी कम्पनी प्रभात खबर ने ठंड की खबर को शीर्षक बनाते हुये लिखा है अगहन में ही पड़ रही है पूस की ठंड दैनिक आज की सुर्खी है बिहार के चार विभागों में मिलेंगी नयी नौकरियां

इसमें अनुसंधान और अनुप्रयोग पर विशेष जोर दिया गया है प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं

पीएमसीएच सहित अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं हुई बाधित